इन्दौर में तालाबों के पुर्नजीवन के लिए शुरू होगा अभियान भूजल स्तर बढ़ने के साथ साथ सिंचाई को भी मिलेगा फायदा मोदी इंडिया आइडियाज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत में खुलापन अवसर और विकल्प तीनों का बेहतरीन समन्वय होने के कारण आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है कल अमरीका भारत व्यापार परिषद के इंडिया आइडियाज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक खुला तथा सुधारोन्मुखी बनाने के प्रयास हुए हैं श्री मोदी ने कहा कि सुधारों के कारण प्रतिस्पर्धा पारदर्शिता डिजिटीकरण नवाचार और नीतिगत स्थिरता बढ़ी है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कई क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा बुनियादी ढांचा सड़क राजमार्ग बंदरगाह और नागर विमानन के क्षत्रों में भी भरपूर अवसर उपलब्ध हैं श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब भारत के पास मौजूद है

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि भोपाल से जाने और आने के लिए पहले के लॉकडाउन की तरह ई पास आवश्यक होगा उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की अगली बैठक भी वीडियो कॉन्फ्रॉसिंग के जरिए होगी उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि लाक डाउन अवधि के दौरान फलों सब्जियों दवाओं और दूध सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी

कोरोना प्रदेश इंदौर जिले में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं

नीमंच में कोरोना संक्रमण से एक महिला की मौत हो गयी

प्रहलाद पटेल केन्द्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल आज एक दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आ रहे हैं वे केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के निवास पर पहुँचकर उनके छोटे भाई के निधन पर शोक प्रकट करेंगे इसके उपरान्त श्री पटेल आज दोपहर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ग्वालियर स्थित संरक्षित स्मारको का अवलोकन भी करेंगे

श्री चौहान कोरोना संकट के कारण निर्मित वित्तीय स्थिति के दुष्टिगत आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के लिये किए जाने वाले सुधारों के लिए जारी गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे

इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड व्यापार के सरलीकरण शहरी स्थानीय निकायों में सुधार और विद्युत क्षेत्र में सुधार की शर्त रखी गई है

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने के लिए मुनादी दीवार लेखन के साथ ही जिला मुख्यालय पर स्थापित टीलफ्री नंबर के द्वारा भी जानकारी दी जा रही है

यह योजना कोरोना संकमण काल में मजदूरों की आजीविका के लिए मददगार साबित हो रही है जल संरक्षण इंदौर जिले में जल संरक्षण अभियान के तहत प्राचीन और अन्य तालाबों के पुनर्जीवन के लिए जीर्णोद्वार का कार्य किया जाएगा इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की पहली बैठक इसे लेकर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

इसके आधार पर तालाबों को सूचीबद्ध कर आवश्यकता के अनुरुप कार्य करवाए जाएंगे तालाबों के जीर्णोध्दार कार्य की निगरानी के लिए जिले से लेकर पंचायत स्तर तक विभिन्न समितियां बनायी जाएगी तालाबों के वर्गीकरण पहचान जल की उपलब्धता उसकी ट्रट फूट और उनके अनुपयोगी होने के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण दल बनाए जाएंगे इस जल संरक्षण और संवर्धन अभियान में तालाबों का जलभराव क्षेत्र बढ़ाने गहरीकरण करने और जलभराव के स्त्रोतों को जीवित करने पर विषेष ध्यान दिया जाएगा इन तालाबों से निकाली गई गाद का उपयोग आसपास के किसान अपने खेतों की उर्वरक क्षमता बढ़ाने में कर सकेंगे ग्राम पंचायतों की निगरानी में तालाबों में जल रोकने वाली मिट्टी की दीवारों को भी सुधारा जाएगा तालाबों के सुधार से एक ओर जहां आसपास के क्षेत्रों का भूजल स्तर बढ़ेगा वहीं सिंचाई क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी जिसका सीधा लाभ लाखों किसानों को मिलेगा समीक्षा बैठक उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह क्शवाह ने कहा कि कौशल विकास से प्रशिक्षित युवा कृषकों को स्व रोजगार की दिशा में ले जाया जायेगा विभाग की विभिन्न गतिविधियों को प्रभावी रूप से संचालित कर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिये विभाग महती भूमिका निभाएगा श्री क्शवाह ने मंत्रालय स्थित कार्यालय में खाद्य प्रसंस्करण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा की बैठक में उन्होने कहा कि कौशल विकास के साथ समन्वय स्थापित कर एक सप्ताह में कार्य योजना बनाई जाये फल सब्जी के उत्पादन विपणन और फूड प्रोसेसिंग के व्यवसाय को स्थापित करने पर बहत बड़े वर्ग खासतौर पर ग्रामीण अंचल के छोटे लघ् सीमांत कृषक परिवारों के युवाओं को खुद के रोजगार के साथ अन्य को रोजगार देने की व्यापक संभावनाएं मौजूद है श्री क्शवाह कहा कि प्रशिक्षित युवा कृषक फल फूल सब्जी के उन्नत उत्पादन और प्रोसेसिंग का व्यवसाय अपना सके इसके लिए विभाग की योजनाओं में कौशल विकास से प्रशिक्षित युवा कृषकों को प्राथमिकता मिले योजना में ऐसे सभी प्रावधान शामिल किए जाए